भोजन की गुणवत्ता के संबंध में लाभार्थी संबंधित विभाग और जिला कलेक्टर को शिकायत कर सकेगा कोरोना महामारी को देखते हए इन रसोइयों में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाएगा

मध्यप्रदेश के इन्दौर शहर ने लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त किया है गुजरात के सूरत ने दूसरा और महाराष्ट्र की नवी मुंबई ने तीसरा स्थान हासिल किया है

जैसलमेर में हर वर्ष लगने वाला लोकदेवता बाबा रामदेव का मेला कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है यह पहला अवसर है जब यह मेला स्थगित किया गया है बिना दर्शनार्थियों और भक्तों के बाबा का आज अभिषेक श्रृंगार ध्वजारोहण और मुकृट स्थापना की रस्म अदा की गई वहीं सवाई माघोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर लगने वाला लक्खी मेला भी कोरोना के चलते निरस्त कर दिया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजीव गांधी को श्रद्वा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया

इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर सदमावना की शपथ भी दिलवाई गई परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही नए मोटर व्हीकल एक्ट की समीक्षा की जाएगी इसमें एक्ट के बढे हुए जुर्मानों के सम्बन्ध में राज्य में लोगों को राहत देने पर विचार किया जाएगा श्री खाचरियावास ने कल हनुमानगढ़ के नोहर डीटीओ कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में यह जानकारी दी

मौसम विभाग ने आज अलवर और धौलपुर जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है

वहीं उदयपुर में बारिश के चलते मकान की दीवार ढह जाने से मलबे में दबने से एक महिला की मृत्यु हो गई हनुमानगढ़ जिले में बारिश के मौसम को देखते हुए विद्युत विभाग ने एडवाइजरी जारी की है इसके तहत बारिश के दौरान बिजली के उपकरणों से छेडछाड नहीं करने की अपील की गई है